ये जानकारी मुख्यमंत्री जयराम ठाकर ने शिमला में एक मीडिया समूह द्वारा आयोजित मेधावी छात्र सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए दी उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों के संचार के लिए स्कूली पाठ्यक्रम में नैतिक शिक्षा और नशीले पदार्थों के दुष्प्रमावों पर एक अध्याय शुरू करने पर विचार कर रही है उन्होंने नशीली दवाओं के बढ़ते प्रचलन को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और अभिभावकों शिक्षकों और विद्यार्थियों से इस समाजिक बुराई को एकजुटता से खत्म करने का आग्रह किया इस दौरान मेघावी विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया वीरेंद्र कंवर हिमाचल प्रदेश मिल्कफैड ने अन्य लोकप्रिय ब्रांड के साथ स्पर्धा के लिए हिम घी को नए व आकर्षक पैक में बाजार में उताया है बीती शाम पशु पालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने हिम घी के इस नए पैक का शुभारंभ किया वीरेंद्र कंवर ने कहा कि मिल्कफैड को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की सहायता से सुदद किया जाएगा वीरेंद्र कंवर ने कहा कि प्रदेश में मिल्कफैड की गतिविधियों को सुदृढ़ करने के लिए विस्तृत योजना तैयार की गई है

उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल में लिए गए इस फैसले से गरीब व जरूरतमंद परिवारों को सालाना पांच लाख रुपए की निशुल्क चिकित्सा सुविधा प्राप्त होगी कार्यशाला राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने कुल्लू में डेयरी उद्यमिता विकास योजना पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की इस दौरान नाबार्ड की जिला विकास प्रबंधक उर्मिल लता ने बताया कि किसान इस योजना के तहत दो से दस दुधारू पशुओं तक की डेयरी इकाई स्थापित कर सकते है इसके अलावा किसान बड़ा उद्यम स्थापित करने के लिए गायों के साथ साथ वर्मी कम्पोस्ट यूनिट चिलिंग प्लांट बछड़ी पालन इकाई और प्रोसेसिंग यूनिट भी लगा सकते हैं बैठक बीते कल शिमला में विद्युत विमाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव तरुण कपूर की अध्यक्षता में हिम ऊर्जा और विभिन्न स्वतंत्र उत्पादकों की कार्यप्रगति को लेकर एक बैठक हुई

तरुण कपूर ने सभी कंपनियों के प्रतिनिधियों से विद्युत परियोजनाओं को जल्द पूरा करने का आग्रह किया डेंगू बिलासपुर जिले में आज डेंगू के आठ नए मामले दर्ज किए गए

उन्होंने लोगों से डेंगू से निपटने के लिए एहतियाती कदम उठाने का आहवान किया अजय श्रीवास्तव प्रदेश सरकार ने उमंग फाउंडेशन के अध्यक्ष व विकलांगता अधिकार कार्यकर्त्ता अजय श्रीवास्तव को राज्य विकलांगता सलाहकार बोर्ड का विशेषज्ञ सदस्य मनोनीत किया है अजय श्रीवास्तव ने कहा कि नई राज्य विकलांगता नीति बनाने का प्रयास उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी शहीद स्मारक बिलासपुर जिले के चंगर में निर्माणाधीन शहीद स्मारक के लिए जिला भर से लोग आगे आ रहे हैं इसी कड़ी में बिलासपुर के हरलोग पंचायत के पूर्व सैनिकों ने इस मुहिम के लिए निर्माण सामग्री उपलब्ध करवाई एक ईंट शहीद के नाम अभियान के संयोजक संजीव राणा ने ये जानकारी देते हुए बताया कि निर्माण सामग्री एकत्रित करने के लिए संग्रह केंद्र निर्घारित किए गए हैं बिजली बाधित चंबा जिले में जनजातीय क्षेत्र पांगी घाटी के साच पावर हाऊस में तकनीकी खराबी के चलते क्षेत्र में पिछले दो दिनों से विघत आपूर्ति बाधित है स्वयं सेवी संस्था सेवा के अध्यक्ष हरीश शर्मा ने कहा है कि इससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है उन्होंने इस समस्या का जल्द समाधान करने की सरकार से मांग की है कविता संग्रह हिमाचल साहित्य अकादमी से पुरस्कृत कवि गुरमीत बेदी के कविता संग्रह मेरी ही कोई आकृति को अब जर्मनी के कविता प्रेमी भी पढ़ सकेंगे जर्मन कवियत्री रोजविटा ने इस कविता संग्रह का जर्मनी में अनुवाद किया है और वहां के प्रमुख पब्लिशियर द्वारा इसे प्रकाशित किया जा रहा है